शिमला में विकासात्मक परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों और अनुमोदन के लिए हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक में आज उन्होंने ये बात कही राज्य सरकार ने निर्माणाधीन परियोजनाओं की निगरानी के लिए पिछले वर्ष अक्तूबर माह में हिम प्रगति आनलाईन अनुश्रवण प्रणाली शुरू की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों की सुविधा और उनसे सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है सरवीण प्रदेश सरकार ने सरकारी विद्यालयों में प्रवेश बढ़ाने और अभिभावकों में विश्वसनीयता पैदा करने के उददेश्य से अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना शुरू की है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने धर्मशाला क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला भलेड़ के वार्षिक समारोह में आज विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर अपनी विशेष पहचान बनाने वार्ले स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों के नाम डिस्पले बोर्ड पर अंकित किये जायेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी इन होनहार विद्यार्थियों से प्रेरणा लेकर जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें अमित खरे सूचना व प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि प्रसारण के क्षेत्र में व्यापक रूप से वृद्धि हई है वे आज नई दिल्ली में टेरेस्ट्रीयल और सेटेलाइट प्रसारण के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सम्मेलन का इंजीनियरिंग सोसाइटी बीईएस ने आयोजित किया अमित खरे ने कहा कि मंत्रालय प्रसारण के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की दिशा में काम कर रहा है आयुष्मान केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत मध्यम व गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है इस योजना का लाभ लेर्न के लिए लोग अपने गोल्डन कार्ड भी बनवा रहे हैं सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में इलाज करवा रहे लोगों ने इस योजना को बेहद फायदेमंद बताया है अस्पताल में उपचाराधीन सिरमौर जिले के राजकुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका निशुल्क इलाज और आपरेशन हुआ है राजकुमार के परिजन भी इस योजना से काफी खुश हैं और उन्होंने अन्य लोगों से भी इसका लाभ लेने का आग्रह किया है वेतन मांग चम्बा मैडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले तीन माह से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है जिससे इन कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मैडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुलविन्द्र सिंह और महासचिव बीना देवी ने सरकार से जल्द वेतन भूगतान करने की मांग की है वहीं कॉलेज के प्राचार्य डीपी पुरी ने कहा कि इस संबंध में औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है और जल्द ही इन कर्मचारियों को वेतन दे दिया जाएगा

उपायुक्त ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए संभावित ऋण योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है